कल रात जारी कांग्रेस की सुची में पूर्व मंत्री नरेन्द्र नाहटा को मंदसौर से टिकट दिया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के रिश्तेदार संजय सिंह मसानी को बारासिवनी से टिकट दिया गया है वहीं इन्दौर एक से प्रीति अग्निहोत्री इन्दौर चार से सुरजीत सिंह चड़डा उज्जैन उत्तर से राजेन्द्र भारती और उज्जैन दक्षिण से राजेन्द्र वशिष्ट को प्रत्याशी बनाया गया है प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष मसर्रत शाहिद को सिरोंज से प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक और जबलप्र पूर्व से लखन घनघोरिया को उम्मीद्वार घोषित किया है

कांग्रेस ने सिरोंज और बुरहानपुर से अपने उम्मीद्वार बदले हैं

चुनाव प्रचार प्रदेश में अधिकांश राजनैतिक दलों ने उम्मीद्वारों की सूची जारी कर दी है उसके साथ ही कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिये हैं राज्य के कई स्थानों में चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है सीहोर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है हालांकि अभी कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है लेकिन उम्मीदवार प्रचार में लगातार व्यस्त हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार शुरू हो गया है उधर जिला प्रशासन निष्पक्ष मतदान के लिये लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद तरीके रखने में लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने जिले की सभी चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं वहीं कांग्रेस ने फिलहाल तीन सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिये हैं लेकिन बूदनी विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं उम्मीद्वार बैंक खाता निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में सभी बैंकों को आदेश दिये हैं कि वे खाता खोलने के लिये उम्मीदवारों को हो रही कठिनाईयों को दूर करें नियम के अनुसार उम्मीदवारों को विधानसभा चूनाव के लिए नये बैंक खाते खोलने और इसकी जानकारी नामांकन पत्र के साथ आयोग को देना जरूरी है

चुनावी कार्य में लापरवाही बरते जाने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है इसी कड़ी में उज्जैन में एक पशु चिकित्सक सहित दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है

रिजर्व बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए विदेश से ऋण लेने संबंधी नियमों को सरल कर दिया है रिज़र्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बाहरी वाणिज्यिक ऋणों संबंधी न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि पांच साल से घटाकर तीन वर्ष कर दी गई है इसके अतिरिक्त निवेश जोखिम प्रबंधन यानी हेजिंग के लिए अनिवार्य अवधि दस वर्ष से घटाकर पांच वर्ष की गई है गैर बैंक ऋणदाताओं से कर्ज़ लेने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया है

लोगों ने अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर एक दूसरे को श्भकामनाएं दी और आतिशबाजी की इस मौके पर घरों को खासतौर पर सजाया गया बाजारों में आकर्षक साज सज्जा की गई आज गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है इस मौके पर घरों के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ बनाकर प्रजन किया जाता है गोवर्धन प्रजा के साथ ही अन्नकूट उत्सव के आयोजन किये जायेंगे आगरमालवा में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा पशुओं को नहलाकर मेंहदी लगाई गई है और आभूषणों फुलमालाओं से सजाया गया है आगरमालवा जिले में आज के दिन सुहाग पडवा भी मनाया जाता है इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं ब्रहममुहर्त में स्नान कर प्रजा अर्चना करती है निमाड़ अंचल में गोबर से विभिन्न देवों की आकृति बनाकर पांच दिनों तक प्रजन किया जायेगा मवेशियों को भी आकर्षक ढंग से सजाकर उनकी दौड़ होगी हिंगोट इन्दौर जिले के गौतमपुरा में दीवाली के अगले दिन हिंगोट का आयोजन किया जाता है इसमें दो प्रतिद्वंदी दल तुर्रा और कलंगी विशेष रूप से तैयार हिंगोट से आपस में युद्ध लड़ते हैं करीब एक घंटे तक दोनो दल एक द्रसरे पर बारूद से तैयार हिंगोट फेकते हैं सूर्यास्त के बाद ये खेल शुरू होता है इस परंपरागत आयोजन में घायल होने वाले लोगों के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और चिकित्सा प्रबंध किये गये हैं वहीं खेलने वालों को सुरक्षा के तौर पर हेलमेट पहनना भी सुनिश्चित किया गया है

खेलकूद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की खेलकृद स्पर्धा इन्दौर में आयोजित की गई इसमें पांच राज्यों ने भाग लिया मध्यप्रदेश के अलावा पंजाब हरियाणा राजस्थान छत्तीसगढ़ और दिल्ली के भविष्य निधि कार्यालयों के कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हुए अंतिम दिन खेले गये टेबिल टेनिस के फायनल मैच में मेजबान मध्यप्रदेश ने हरियाणा को पराजित कर पहला स्थान प्राप्त किया अन्य स्पर्धाओं के नतीजे भी घोषित किये गये मध्यप्रदेश की टीम ओवरआल चैम्पियन रही

चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है